हरियाणा के खेल राज्य मंत्री ने कहा है कि जल्दी ही खेल नीति में संशोधन किया जायेगा मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड विजेता खिलाडियों की मासिक राशि में वृद्धि घोषणा का स्वागत भी किया हरियाणा में अधिकतर इलाके शीत लहर की चपेट में आये ठंड का प्रकोप एक जनवरी तक जारी रहेगा

बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है केन्द्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों संगठनों को कल बातचीत के लिए आंमत्रित किया है किसानों ओर सरकार के बीच ये छटवां वार्तालाप होगा

इस विचार विमर्श में किसान में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और हवा की ग्रणवत्ता और बिजली सम्बधित बिलों पर भी चर्चा की जायेगी

ये किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल से शालीमार तक चलेगी उन्होंने दावा कि उनकी सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार पूरी ताकत और निष्ठा से कार्य करती रहेगी

जरूरतत पड़ी तो इन्हें बदला भी जाएगा

विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इस किस्म को भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग की फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अधिसूचित व जारी कर दिया गया है बैठक की अध्यक्षता भारतीय कृषि अन्संधान परिषद के फसल विज्ञान के उपमहानिदेशक डॉ टीआर शर्मा ने की

दो दिवसीय पूर्वाभ्यास के आंध्रपदेश के कृष्ण जिले में ग्रजरात के राजकोट और गांधी नगर में पंजाब के ल्रधियाना में शहीद भगत सिंह नगर में और आसाम के सोनितप्र और नलबारी जिलों में समूचे तौर पर किया गया ये अभ्यास चूनौतियों की पहचान करकेक योजना मे आवश्यक बदलाव लाने के लिए की गई ताकि अंतिम प्रक्रिया आसान हो सके मंत्रालय ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यो के लिए विशेष टीमें गठित की गई है इन कार्यो में लाभपात्रों का डाटा अपलोड करना दवा जारी करना टीकाकरण का विवरण और लाभापात्रों को प्रेरित करना शामिल है इस पूर्वाभ्यास का उद्देश्य सूचना प्लेटफार्म कोविन की प्रष्टि और इसको क्रियान्व्यन करने के लिए पूर्व मार्गदर्शन करना भी है हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राजय मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही खेल नीति में संशोधन करेगी ताकि खिलाड़ी इससे और ज्यादा लाभान्वित हो सकें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवार्ड विजेता खिलाडियों को मिलने वाली मासिक राशि में बढ़ोतरी की घोषणा भी की है उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में खेलों के प्रति आकर्षण पैदा होगा खेल राज्य मंत्री ने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से अर्ज्न अवार्डी को पांच हजार रूपये मासिक दिये जाते थे

इसी तरह भीम अवार्ड विजेताओं को अब तक पांच लाख रुपये एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता था अब इस प्रस्कार के साथ साथ भीम अवॉर्डी खिलाड़ी को पांच हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे

इससे पूर्व तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से विजेता खिलाड़ियों को एकमुश्त राशि ही दी जाती थी

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को सुशासन दिवस पर चार प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले है

इसे अलावा आयुष्मान भारत योजना के सफलता पूर्वक लागू करने और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण के लिए आाशा सर्वेक्षण ऐप्प विकसित करने हेत् दो सुशासन पुरस्कार मिले है

पहाड़ो में हो रही बर्फबारी से हरियाणा के सभी इलाके शीत लहर की चपेट में है सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि अधिक ठंड होने से लोग सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाकर ठंड दूर करने का प्रयास करते नज़र आये आज ध्रंध और कोहरे के कारण वाहनों की र फ्तार भी धीमी रही यम्नागनर से हमारे संवाददाता ने भीषण ठंड पड़ने की खबर दी है

एक जनवरी तक शीत लहर जारी रहेगी

आज यमुनानगर अम्बाला में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

हरियाणा प्लिस महानिशक मनोज यादव ने बताया कि इनमें से कुछ बच्चे काफी लंबे समय से लापता थे

ये बच्चे द्कानों व अन्य स्थानों पर अपनी आजीविका के लिए छोटे मोटे काम करते हुए पाए गए थे